जदयू ने सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बदला

तीसरे चरण के तहत पांच संसदीय क्षेत्रों के लिये आज तीस उम्मीदवारों ने भरा पर्चा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र क्शवाहा दो लोकसभा क्षेत्रों काराकाट और उजियारपुर से चुनाव लड़ेंगे आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री कुशवाहा ने यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि उजियारपुर से नौ अप्रैल को और काराकाट से पच्चीस अप्रैल को वे अपना नामांकन दाखिल करेंगे श्री क्शवाहा ने बताया कि पूर्वी चंपारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से आकाश कुमार सिंह और पश्चिम चंपारण से ब्रजेश कुमार कुशवाहा पार्टी प्रत्याशी होंगे आकाश कुमार सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे हैं जमुई से पूर्व में ही पार्टी की ओर से भूदेव चौधरी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं गौरतलब है कि महागठबंधन के तहत सीटों के बंटवारे में पांच सीटें राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को मिली है जदयू ने सीतामढ़ी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बदल दिया है अब डॉक्टर वरूण कुमार की जगह सुनील कुमार पिंटू पार्टी के नये उम्मीदवार होंगे श्री पिंटू आज भाजपा छोड़कर जदयू में शामिल हो गये डॉक्टर वरूण कुमार ने हमारे सीतामढ़ी संवाददाता को बताया कि उन्हें स्थानीय नेताओं का सहयोग नहीं मिल रहा था जिस कारण उन्होंने चुनाव लड़ने के अपने फैसले को बदल दिया इधर जदयू में शामिल हुए सुनील कुमार पिंट् ने कहा है कि नीतीश कुमार ने जो उन पर विश्वास जताया है उस पर वे खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे लोकसभा चूनाव के पहले और दूसरे चरण के लिये चूनाव प्रचार में तेजी आ गयी है जदयू के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पूर्णिया के बनमनखी में एनडीए उम्मीदवार संतोष कुशवाहा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया बाद में उन्होंने भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में एनडीए उम्मीदवार अजय मंडल के पक्ष में चुनाव रैली को संबोधित किया जदयू अध्यक्ष ने नवादा संसदीय क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी चंदन सिंह और नवादा विधानसभा उप चुनाव में जदयू प्रत्याशी कौशल यादव के समर्थन में भी चुनाव प्रचार किया श्री कुमार ने कहा कि एनडीए ही देश को मजबूत सरकार देने में सक्षम है वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने आज औरंगाबाद में पार्टी प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह के समर्थन में रोड शो किया श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में विकास के नये प्रतिमान गढ़ रहा है इधर राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज पूर्णिया के धमदाहा में महागठबंधन उम्मीदवार उदय सिंह के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया श्री यादव ने लोगों से महागठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील की बेगूसराय से सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने नागदह आनंदपुर और पन्हास लोहिया में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से अपने पक्ष में मतदान की अपील की वहीं खगड़िया में एनडीए उम्मीदवार महबूब अली कैसर के नामांकन के बाद आयोजित जनसभा में लोजपा नेता पशुपति कुमार पारस ने दावा किया कि एनडीए बिहार में सभी चालीस सीटों पर जीत हासिल करेगा मधेपुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकतांत्रिक जनता दल के संरक्षक शरद यादव ने राजद के चुनाव चिन्ह पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया इस संसदीय क्षेत्र में तीसरे चरण के तहत तेईस अप्रैल को मतदान होना है वहीं लोजपा के चौधरी महबूब अली कैसर ने खगड़िया से झंझारपुर से जदयू के रामप्रीत मंडल और सुपौल से कांग्रेस की रंजीत रंजन ने नामांकन पर्चा भरा अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि तीसरे चरण के तहत जिन लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है वहां आज तीस नामांकन पत्र दाखिल किये गये झंझारपुर से पांच सुपौल से तीन अररिया और मधेप्ररा से छह छह तथा खगड़िया से दस उम्मीदवारों ने अपना पर्चा भरा तीसरे चरण के लिये नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि कल है वहीं चौथे चरण के लिये आज एक भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया चुनाव आयोग के निर्देश पर समस्तीपुर के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह का स्थानांतरण कर दिया गया है दिवेश सेहरा समस्तीपुर के नये जिलाधिकारी बनाये गये हैं वहीं चंद्रशेखर सिंह की लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में संयुक्त सचिव पद पर पदस्थापना की गयी है चुनाव आयोग ने आज बिहार में लोकसभा के पहले तीन चरण के चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की निर्वाचन आयोग के बिहार प्रभारी और उप निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये तैयारियों का जायजा लिया उप निर्वाचन आयुक्त ने बांका और नवादा में मतदान दल के कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिये आवश्यक कदम उठाने को कहा बैठक में बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास और अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बाला मुरूगन डी समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे जदयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधान पार्षद आजाद गांधी ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया श्री गांधी लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर नाराज चल रहे थे लोकसभा चुनाव को देखते हुए नक्सल प्रभावित औरंगाबाद गया और नवादा में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है बिहार एसटीएफ के आईजी सुशील खोपड़े ने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान के लिये नक्सलियों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी है प्रदेश भर में चलाये गये अभियान के तहत आज विभिन्न जिलों से तेरह अवैध हथियार छियालीस कारतूस और तीन बम बरामद किये गये वहीं आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के पंद्रह मामले दर्ज किये गये मुंगेर संसदीय क्षेत्र में निष्पक्ष भयमुक्त और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने को लिये जिला प्रशासन ने अब तक पंद्रह लाईसेंसी हथियारों को जब्त किया है बांका जिले के नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक कार से चार लाख पचासी हजार रूपये जब्त किये हैं मौके से दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है वहीं शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र के भेड़िया पुल के पास पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक व्यक्ति से दो लाख रूपये जब्त किया है तिरहत प्रमंडल के आयूक्त नर्मदेश्वर लाल ने आज सीतामढ़ी जिले के रून्नीसैदपुर में चुनाव तैयारियों का जायजा लिया उन्होंने अधिकारियों को मतदाताओं को सभी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया भोजपुर जिले में अधिवक्ताओं ने लोगों से अधिक से अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है इधर शेखपुरा में जिलाधिकारी इनायत खान ने मोटरसाईकिल रैली निकालकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया मगध क्षेत्र की की दूसरी महत्वपूर्ण लोकसभा सीट नवादा में मुकाबला रोचक दौर में है ग्यारह अप्रैल को यहां मतदान होगा हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट साउंड बाईट वैसे तो नवादा संसदीय क्षेत्र से इस बार तेरह उम्मीदवार चुनावी मैदान में भाग्य आजमा रहे हैं लेकिन मुख्य मुकाबला एनडीए से लोजपा नेता सुरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह और महागठबंघन से राजद के पूर्व विधायक राजबल्लभ प्रसाद की पत्नी विभा देवी के बीच देखा जा रहा है दोनों ही गठबंधनों ने इस बार नये उम्मीदवारों पर दांव लगाया है

देखें तो नवादा संसदीय क्षेत्र में पेयजल सिचाई षिक्षा और रोजगार जैसी कई गंभीर समस्याएं है

आकाशवाणी समाचार के लिए नवादा से अशोक प्रियदर्शी भाजपा के पूर्व विधायक महेश पासवान का आज लंबी बीमारी के बाद पटना में निधन हो गया उन्होंने कटिहार जिले के कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र का दो बार प्रतिनिधित्व किया था महेश पासवान के निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधान परिषद् के कार्यकारी सभापति हारूण रशीद और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने गहरी संवेदना जतायी है मुजफ्फरपुर स्थित एसकेएमसीएच में दो बच्चों में जापानी इंसेफ्लाइटिस की पुष्टि हुई है सिविल सर्जन डॉक्टर एके सिंह ने बताया कि एक स्थानीय और सीतामढ़ी के एक बच्चे में बीमारी की पुष्टि हुई है मुजफ्फरपुर जिले के मनिहारी थाना क्षेत्र से पुलिस ने तीन सौं पचासी कार्टन विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है वहीं वैशाली जिले के नगर थाना क्षेत्र के बाजार समिति के पास एक सौ पच्चीस कार्टन शराब के साथ चार तस्करों को गिरफ्तार किया गया

जदयू ने सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बदला

तीसरे चरण के तहत पांच संसदीय क्षेत्रों के लिये आज तीस उम्मीदवारों ने भरा पर्चा